जहरीली शराब के मुद्दे पर विपक्ष ने सदन से वॉक आउट किया मुख्यमंत्री ने कहा राज्य में अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ इसी सत्र में लाएंगे विधेयक वृंदावन के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा पौष्टिक आहार और स्वस्थ बचपन ही नये भारत की नींव

अभिभाषण के दौरान ही नाराज विपक्ष वेल में पहुंच गया हालांकि इस दौरान राज्यपाल ने अपना अभिभाषण जारी रखा उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से जनसामान्य की सुविधा के लिए वेबसाइट बनाई गई है

उन्होंने कहा कि राज्य के आर्थिक विकास में उधोग क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान है राज्यपाल ने कहा कि भारतीय सेना और अर्धसैनिक बलों के शहीद सैनिकों के आश्रितों को राज्याधीन सेवाओं में नौकरी देना सरकार की प्राथमिकता है वहीं विपक्ष के सदस्यों ने सदन का बहिष्कार कर दिया और विधानसभा की सीढ़ियों पर धरने पर बैठ गए नेता प्रतिपक्ष ने सरकार पर संसदीय परंपराओं को तोड़ने का आरोप लगाया

इसके बाद सदन की कार्यवाही शुरू हुई

कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने आरोप लगाया कि सरकार जहरीली शराब से मौत के मुद्दे पर चर्चा नहीं करना चाहती है उन्होंने मुख्यमंत्री और आबकारी मंत्री से इस्तीफे की मांग की

वहीं मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि बजट सत्र में एक विधेयक लाया जायेगा जिसमें जहरीली शराब बेचने और अवैध तरीके से इस तरह का कारोबार करने वालों लिए सख्त प्रावधान होंगे मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह के मामलों की जांच के लिए एक आयोग का गठन भी किया जायेगा

जनसभा के लिए सुरक्षा व्यवस्था और अन्य तैयारियों को लेकर विशेष सुरक्षा दल के पुलिस महानिरीक्षक आलोक कुमार शर्मा ने जिलाधिकारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और अन्य वरिष्ठ पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों के साथ कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए जिलाधिकारी नीरज खैरवाल ने मानचित्र के माध्यम से कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा और अन्य तैयारियों के विषय में विशेष सुरक्षा दल के आईजी आलोक कुमार शर्मा को जानकारी दी

पहले कार्यक्रम में वे सहकारिता विभाग की ओर से किसानों के लिए शुरु की जा रही शून्य प्रतिशत ब्याज वाली योजना का शुभारंभ करेंगे और दूसरा कार्यक्रम जनसभा का है